राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर आज राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना हागा यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश के विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जड़ा है और एक दूसरे का हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं इन सबका विकास चाहे वो पिछड़ा समाज हो दलित समाज हो वनवासी समाज हो इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है प्रदेश क अपने तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र जिले के बभनी खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया यहां वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नव निर्मित भवन का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों के लिए कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान मंदिर के समान है जनजातीय संस्कृति के विस्तार और विशिष्टता की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों की कला और समुद्ध संस्कृति के विकास की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अवसर और सहयोग दिया जाए तो वह देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं श्री कोविंद ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा का भी स्मरण किया राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के शोषण से वन सपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर घोषणा की कि उनकी सरकार सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खोलेगी सोनभद्र में राज्य का आधे से ज्यादा जनजातीय समुदाय रहता है उन्होंने सोनभद्र के खिलाडियों और विद्यार्थियों के लिए तीरंदाजी रेंज की स्थाापना करने का भी भरोसा दिलाया जो इस क्षेत्र में काफी प्रचलित है इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सोनभद्र के चपकी पहंचने पर भव्य स्वागत किया गया हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट चपकी पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति के स्वागत में सौ से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हैलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस वनवासी समागम में इकड्डा हुए जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे इस आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने लगभग बीस साल पहले आश्रम के भवन की आधारशिला भी रखी थी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आश्रम के दो छात्रावासों वरूणोदय और अरूणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का लोकार्पण किया इस भोजनालय में एक समय में ढ़ाई सौ से अधिक छात्र भोजन कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासियों के साथ संवाद किया और यहां छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चपकी सोनभद्र राष्ट्रपति ने सोनभद्र जिले के दौरे के बाद आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट विंध्याचल देवी शक्तिपीठ का अन्य शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां हर वर्ष न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य प्रांतों से भी बड़ी संख्या में श्रद्वाल दर्शन प्रजन के लिए पहुंचते हैं नवरात्रि के दौरान यहां आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या लाखों में होती है नवरात्रि के दौरान यहां बाहर से आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या को देखते हुए विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को अस्थायी स्टॉपेज दिया जाता है राष्ट्रपति को भ्रमण को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करने के बाद फूलों और दीपों से सजाया गया था साथ ही यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए सुरक्षा के लिये बाहरी जनपदों से भी अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया था कल अपनी प्रदेश यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे एस एम सबा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मिर्जापुर से मैं मुल्तान सिंह यादव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

प्रधानमंत्री के साथ संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है

कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक माई जीओवी इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं

यह जानकारी देते हुए आज लखनऊ में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है

उन्होंने मोहल्ला निगरानी समिति स्वयं सेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों को सेन्टर पर ले जाकर कोविड टीकाकरण में सहयोग करें

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के सहयोग से कृषि मेला आयोजित कराया जायेगा जिससे यहां के काला नमक चावल के प्रचार और प्रसार को काफी बल मिलेगा

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये शक्ति मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा कई योजनायें संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब प्रदेश में बराबरी का स्थान मिल रहा है कपिलवस्तु महोत्सव में आज शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिने अभिनेत्री हेमामालिनी द्वारा दुर्गा नाट्य प्रस्तुति की जायेगी बस्ती जिले में एसटीएफ को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ ने पुलिस की मदद से आतंकियों से साठगांठ के संदेह में बस्ती से एक व्यक्ति मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का टनिंग कमांडर बताया जा रहा है